बाड़मेर रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज का आंदोलन आज पांचवे दिन भी जारी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौते के प्रयास जारी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

और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किये जायेंगे

भाजपा और कांग्रेस जयपुर हैरिटेज तथा कोटा दक्षिण में अपने अपने बोर्ड बनाने के लिये पूरी मशक्कत में जुटे हैं यहां भाजपा और कांग्रेस निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बनाने के प्रयास कर रही है इधर कोटा दक्षिण निगम में दोनों दलों के बीच बराबरी का मुकाबला है यहां पर भी बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों की भूमिका अहम रहेगी वहीं दो दो नगर निगमों में दोनों दलों को स्पष्ट बहुमत मिला है

नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का प्रकाशन होगा चुनाव चार चरणों में होंगे

अब रिफाइनरी के कार्य की मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी इस समूह में ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है

उन्होंने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इससे प्रदेश में निवेश रोजगाार और नियोजित नगरीय विकास की बड़ी संभावनाएं हैं श्री गहलोत ने कल जयपूर में इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की उन्होंने कहा कि डीएमआईसी के पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना तथा जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र के काम को समय सीमा निर्धारित करते हुए गति दी जाए

अभ्यर्थियों को दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश रोक दिया जायेगा कोरोना गाइड लाइन की पालना करना अनिवार्य होगा

इसके कारण रेल और सेड़क यातायात प्रभावित हो रहा है हालांकि आज से करौली से गंगापुर मार्ग होते हुए जयपुर के लिए रोडवेज बसें शुरू कर दी गई हैं वहीं एक दर्जन रेलगाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है उधर सरकार की ओर से आदोलनकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है कल सरकार की ओर से पीलूपुरा में आईएएस नीरज के पवन ने गूर्जर प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुददों पर बात की

तीन राफेल जेट विमान फ़ांस से उड़ान भरने के बाद कल शाम सीधे गुजरात के जामनगर वायु सेना केन्द्र पहचे

जामनगर वायु सेना केन्द्र पर एक दिन रूकने के बाद जेट विमानों के अंबाला पहुंचने की उम्मीद है